मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तैयारियों की स्वयं निगरानी कर रहे हैं

इनमें ग्वालियर नगर निगम भी शामिल है कार्यक्रम में श्री चौहान ने ग्वालियर नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक एवं सेवानिवृत्त संभागायुक्त एम बी ओझा और अपर आयुक्त नगर निगम नरोत्तम भार्गव को सम्मानित किया उधर रीवा संभाग के सिंगरौली नगर निगम को भी इस समारोह में सम्मानित किया गया वहीं रतलाम नगर निगम को सिटीजन फीडबैक में देश में प्रथम स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया गया

राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर आम्बेडकर के ्योगदान पर प्रकाश डालने के लिए देशभर में आज अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे गणमान्य व्यक्ति और सांसद नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में डाक्टर आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे इधर प्रदेश में भी डाक्टर अंबेडकर को श्रद्वांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम होंगे इंदौर जिले में स्थित डाक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली अंबेडकर नगर में श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा वहीं उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के डाक्टर अंबेडकर पीठ द्वारा सारस्वत कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा

केनबरा में पहले ट्वेन्टी टवेन्टी मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ग्यारह रन से हराकर श्रृंखला में एक शुन्य की बढ़त हासिल की है